जन नायक जनता पार्टी ने अपने चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है आज आदमी पार्टी और जन नायक जनता पार्टी गठबंधन दवारा एक संयुक्त विज्ञप्ति के अन्सार जन नायक जनता पार्टी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से निर्मल सिंह मल्हद्दी हिसार से द्वष्यंत चौटाला और रोहतक से प्रदीप देसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है भिवानी महेन्दगढ़ से स्वाति यादव को च्नाव मैदान मे उतारा गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेजेपी के हिस्से में सात सीटें आई है जबकि तीन सीटों अम्बाला करनाल और फरीदाबाद पर आम आदमी पार्टी च्नाव लड़ेगी आज आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि कल शाम तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जायेगी उधर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सोनीपत क्रूक्षेत्र और ग्रूग्राम के लिये उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जा रहा है जल्द ही उनकी घोषणा कर दी जायेगी

नगर विमानन मंत्रालय ने बताया कि नगर विमानन महानिदेशक और अन्य नियामक स्थिति पर नज़र रखे हये है ताकि रिफंड टिकट रद्द कराने और वैकल्पिक ब्रिकंग के सभी नियमों का पालन स्निश्चित हो सके

पूरे विश्व में सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के उददेश्य से आज विश्व विरासत दिवस जा रहा है ये दिन अंतर्राष्ट्रीय एकज्टता को मजबूत करने और विरासत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है ये दिन विज्ञानिक स्थानों का संरक्षण करने वाले पुरातत्वविद्व भूगोलवेता और इंजीनियरर्स को पहचान देने के लिये भी मनाया जाता है

अम्बाला में भी आज वर्ल्ड हेरीटेज डे के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों दवारा एक रैली का आयोजन किया गया इसमे विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अम्बाला छावनी में प्राचीन धरोहरों की रक्षा करने का संदेश दिया आर्य गर्ल्स कालेज में पहुंची रैली से बच्चों ने प्राचीन धरोहरों का महत्व बताया च्नाव आयोग ने सिरसा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को नोटिस जारी किया हैै इन पर च्नाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है हमारे संवाददाता ने बताया कि च्नाव आयोग में तंवर के खिलाफ की गई शिकायत मे कहा गया है कि उन्होंने बिना अन्मति के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बिजली विभाग के अधिकारियों के विरूदव टिप्पणी की थी

हरियाणा में आज लोकसभा चुनावों के लिये नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन कई जगह उममीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये गये ग्रूग्राम में आज कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवकता रणदीप सिंह सुरेवाला पूर्व मंत्री राव धर्मपाल व स्ख्बीर कटारिया उनके साथ थे नामांकन भरने से पहले अजय यादवन ने रोड शो किया और जनसभा को सम्बोधित भी किया

उधर भिवानी महेन्द्रगढ़ क्षेत्र से आज भाजपा के सांसद धर्मबीर सिंह ने नामांकन पत्र भरे इस मौके पर उनक साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम बिलास शर्मा भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सरार्फ नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक अभय सिह मौजूद रहे नामांकन दर्ज करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में धर्मबीर सिह ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखती है उन्होंने कहा कि जन नायक जनता पार्टी और आम आदमी के गठबंधन का बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

ग्रूग्राम में आज लोकसभा क्षेत्र में क्ल चार प्रत्याशियों ने आज नामांकन अजय सिंह की पत्नी श्रीमती शंक्तला ने कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है उधर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिये अब क्ल पांच नामांकन पत्र दाखिल किये जा च्केहै आज अपनी पार्टी दल के उम्मीदवार हरि शंकर राजवंश ऑल इंडिया फोरवाई ब्लोक पार्टी के उम्मीदवार राम किशन और म्केश क्मार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किये सिरसा से आज किसी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये

फतेहाबाद प्रलिस ने एक व्यक्ति को लगभग साढ़े तीन किलो ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है प्लिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस व्यकित को सी आई ऐ की टीम ने गश्त के दौरान रतिया से कुला की तरफ आते समय गांव चिमों के पास से गिरफ्तार किया युवक की तलाशी लेने पर उससे अफीम बरामद ह्ई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अफीम मध्य प्रदेश के जिला मदसौरा से लेकर आया था और संगरूर व सिरसा क्षेत्र में सप्लाई करनी थी प्लिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है आरोपी की पहचान मदसौरा निवासी दशरथ उर्फ कपल के रूप में हुई है हरियाणा प्लिस ने हत्या के प्रयास डकैती लूट व अन्य अपराधिक मामलों में शामिल झब्बल गैंग के एक सदस्य का गिरफ्तार किया है पुलिस म्ख्यालय के प्रवकता ने बताया कि ये अपराधी पिछले तीन वर्षो से भगोड़ा था और पुलिस को वांछित था उन्होंने बताया कि राजेश नामक अपराधी को एक गश्त के दौरान कैथल रोड से गिर फ्तार किया गया और उसके कब्जे से तीन पिस्टल व दस जिंदा कारतूस बरामद किये गये

आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिना के रिमांड पर लिया गया है

पुलिस ने इस हादसे की सूचना मृतक श्यामावती के बेटे गांव बचांरी के निवासी वेदराम ने दी प्लिस आटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है करनाल के प्लिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह औरिया के आदेशों और दिशा निर्देशो के अन्सार करनाल आईटीआई प्रकरण के संबंध में आईटीआई के छात्रों शिक्षकों और प्लिस के बीच एक तालमेल कमेटी का गठन करने का फैसला किया गया है इस कमेटी का म्ख्य उद्देश्य आईटीआई प्रकरण से उत्पन्न हुई समस्याओं को हल करने में सहायता करना है कमेटी भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो व प्लिस प्रशासन और आईटीआई के मध्य आपसी तालमेल बना रहे इसके लिये भी काम करेगी इसके साथ ही प्लिस कप्तान ने कहा कि यदि कोई बाहरी इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी इसके साथ ही प्लिस कप्तान दवारा छात्रों की स्रक्षा और स्विधा को ध्यान में रखते हुए आईटीआई चैंक पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो छात्रों के लिए बसों को रूकवाने में उनकी सहायता करेगें